पटना मेट्रो जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भारत नेपाल के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर सहमति बनी है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश रेलवे और जलमार्ग के माध्यम से संपर्क को बेहतर करने की ओर अग्रसर है इसके अंतर्गत भारत के सहयोग से रक्सौल और नेपाल की राजधानी काठमांड् के बीच विद्युतिकृत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है परियोजना के पहले चरण के तहत एक साल के भीतर रूट सर्वे का काम पूरा कर किया जायेगा श्री मोदी ने नेपाल सरकार को भरोसा दिया है कि इस कार्यक्रम में भारत प्ररा सहयोग करेगा इसी वर्ष बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक रेल लाईन का कार्य पूरा हो जायेगा चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दस अप्रैल को मोतिहारी आयेंगे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करेंगे और देश को स्वच्छ रखने की शपथ दिलायेगें प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर व्यापक तैयारी की जा रही है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भव्य कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया इधर कला संस्कृति विभाग की ओर से कल से दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरूआत कर दी जायेगी इस दौरान देशभर से आये स्वच्छाग्रहियों के बीच बिहार गौरव गान समेत अनेक मनमोहक प्रस्तुति दी जायेगी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान के तहत सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जगह जगह प्रभातफेरी रात्रि चौपाल और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है सर्वशिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रों के खाते में पंद्रह अप्रैल तक किताब खरीदने के लिये राशि भेज दी जायेगी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क किताब देने की योजना में किताब के बदले राशि दी जायेगी इस राशि से बच्चे खूद किताब खरीदेंगे राशि और पुस्तक आपूर्ति व्यवस्था के लिये पटना में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने समीक्षात्मक बैठक की इस बैठक में प्रधान सचिव ने पंद्रह से बीस दिनों में किताब छापकर पाठ्य प्रस्तक निगम को प्रखण्ड स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है राज्य सरकार पटना मेट्रो से संबंधित संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर आगामी मई में केंद्र सरकार को सौंप देगी केंद्रीय आवास और शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास सचिव से पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को शीघ्र मंजूरी दिलाने को आग्रह किया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण भवन बनाने का निर्णय लिया है पहले चरण में दरभंगा पूर्णिया किशनगंज मधेपुरा अररिया सहरसा गोपालगंज और कटिहार सहित बारह जिलों में भवन बनाये जो रहे हैं इसके लिये राशि भी निर्गत कर दी गयी है दूसरे चरण में राज्य के छह जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जायेगा राज्य सरकार ने मुस्लिम समाज की तलाकश्रदा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है अब इन्हें सहायता राशि के रूप में दस हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये दिया जायेगा वर्ष दो हजार सोलह सत्रह तक इस योजना के तहत बारह हजार तीन सौ छियानवे तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को राशि आवंटित की गयी है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन की परीक्षा आज देशभर में आयोजित की जा रही है सीबीएसई के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जेईई की परीक्षा में बिहार के तिरपन हजार सात सौ परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं प्रदेश में परीक्षा के लिये पटना में सैंतालीस गया में बारह और मुजफ्फरपुर में सत्रह केंद्र बनाये गये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि कैंसर और थैलेसीमिया रोगियों को राज्य सरकार पांच लाख रूपये अनुदान देगी इसके साथ ही ट्रामा सेंटर में भर्ती होने पर एक लाख रूपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा पटना के पीएमसीएच में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मरीज हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत हैं लेकिन पैसे के अभाव में वह इलाज नहीं करा पा रहे हैं इसे देखते हुये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है पटना जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउण्ड संस्थानों में भ्रूण के लिंग परीक्षण की शिकायतों की जांच के लिये बारह टीमों का गठन किया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने जांच दलों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी अल्ट्रासाउण्ड केंद्रों की जांच कर पंद्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंप दे जांच के दौरान टीम यह भी देखेगी कि जिले में चलाये जा रहे अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पर संचालकों चिकित्सकों और तकनीकी कर्मियों की उपस्थिति नियमित तौर पर होती है या नहीं मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में अगले चौबीस घंटों में ओलावृष्टि भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है झारखण्ड में बने चक्रबात के प्रभाव से अगले चौबीस घंटे तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी पानी की संभावना है ओडिशा से झारखण्ड तक बने चक्रबात के कारण बिहार के पूर्वी दक्षिणी और मध्य इलाकों में बादल छाये हुये हैं तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है इधर कल वैशाली सारण मुजफ्फरपुर और खगड़िया में आंधी और ओलावृष्टि के कारण तीन महिलाओं समेत ग्यारह लोगों की मरने की खबर है ओलावृष्टि से कई इलाकों में आम लीची और गेंहू की फसलों को नुकसान पहुंचा है राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने फसलों को हुये नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि सरकार इसकी भरपाई करेगी कृषि मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के जिला कृषि पदाधिकारियों को यथाशीघ्र नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है खगड़िया जिले के चौथम थाना अंतर्गत नीरपुर गांव में पुलिस ने एक कार से तीन सौ बारह बोतल विदेशी शराब जब्त की जिले के बखरी में एक मोटरसाइकिल से चालीस बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी बेगूसराय जिले के मीरगंज के पास लकड़ी बाजार में आग लग जाने से कई दुकानें जलकर राख हो गयी

पूर्णिया में आयोजित आठवीं बिहार राज्य जूनियर पुरूष हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज पटना और दानापुर टीम के बीच खेला जायेगा सेमीफाइनल मुकाबलों में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी दानापुर ने पी एन मेहता अकादमी को छह शून्य से पटना ने खगड़िया को पांच शून्य से हरा दिया पश्चिम बंगाल में तेरह से पंद्रह अप्रैल तक पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का अयोजन किया जायेगा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के के लिये बिहार टीम का चयन ग्यारह अप्रैल को पटना में किया जायेगा चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिये खिलाड़ियों को आधार कार्ड की मूल प्रति और दो पासपोर्ट साईज फोटो उपलब्ध कराना होगा श्यामल सिन्हा अंतर जिला अंडर सिक्सटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पटना टीम के लिये दो दिवसीय चयन शिविर पटना के मोईनुल हक स्टेडियम में शुरू हो गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बीच हुयी वार्ता में बनी सहमति रक्सौल से काठमांडू तक दौड़ेगी ट्रेन दैनिक भास्कर की सुर्खी है इक्कीस आईपीएस समेत अठाईस पुलिस अफसरों का तबादला दैनिक जागरण ने लिखा है अंतिम चरण में पटना मेट्रो की डीपीआर इसी साल कार्यारंभ मई के अंतिम सप्ताह में संशोधित डीपीआर केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी प्रभात खबर की सुर्खी है तीसरी लिस्ट में घोषणा के बावजूद पहली लिस्ट में पटना शामिल

पटना मेट्रो जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ी